उन्होंने कहा है कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर म्काबला करना होगा श्री मोदी ने यह बात ब्द्व पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही यह कार्यक्रम कोरोना योद्वाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दृढ़ता से खड़ा है श्री मोदी ने कहा कि ब्द्ध भारत में सिद्वि और आत्म सिद्धि दोनों के प्रतीक हैं उन्होंने कहा कि आत्म सिद्धि की भावना से ही भारत मानवता और विश्व सम्दाय के हित में काम कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्द्ध सेवा और समर्पण का पर्याय हैं और इस मुश्किल घड़ी में कई लोग द्रसरों की मदद करने कानून व्यवस्था बनाय़े रखने संक्रमितों का इलाज करने और साफ सफाई बनाये रखने के लिए चौबीसो घंटे च्नौतियों का सामना कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्वा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं

राजभवन में आज इस समीक्षा बैठक में ग्रामीण कार्य विकास मंत्री हनच्न ङानदम शहरी विकास मंत्री कामल्ंग मोसांग और ग्रामीन कार्य विभाग के म्ख्य अभियंता दोली न्योद मौजूद थे राज्यपाल ने राष्ट्रीय स्रक्षा के नजरिये से महत्वपूर्ण इस सड़क परियोजना की प्रगति के लिए अभियंताओं और अन्य कर्मियों की सराहना की श्री मिश्रा ने कहा कि इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से दूर दराज के विजयनगर अंचल का विकास त्वरित गति से होगा राज्यपाल ने कहा कि इस परियोजना से नामदफा राष्ट्रीय पार्क के वन्य जीव और वस्पतियों के संरक्षण में भी मद मिलेगी उन्होंने मियाओ विजयनगर सड़क परियोजनाओं को पारिस्थितिक पर्यटन वन्य जीव पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ साथ स्थानीय सम्दायों का विकास होगा उन्होंने इस परियोजना से ज्ड़े अधिकारियों से कार्य को जल्द प्रा करने को कहा

बैठक के दौरान कोरोना वायरस महामारी से बचाव के साथ साथ कृषि और औद्योगिक गतिविधियों को जारी रखने पर चर्चा हुई उप म्ख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नए तकनीकों का उपयोग कर आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाएं रखने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से छोटे व्यापारियों और उद्यमियों की आय पर बूरा असर पड़ा है उप म्ख्यमंत्री ने कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों पर जोर देने का आग्रह किया ताकि राज्य को अनाज और सब्जियों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके उन्होंने अरुणाचल प्रदेश मार्केटिंग कारपोरेशन के माध्यम से प्रदेश के किसानों के उत्पादों का विपणन करने को कहा श्री मैन ने कहा कि इसे राजधानी क्षेत्र ईटानगर की खाद्यान्न जरुरतों को प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों से पूरा किया जा सकेगा

इसके अन्सार भारत लौटने के लिए रोजगार खोने वाले प्रवासी कामगारों सहित ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी जो किसी विवशता के कारण विदेश में हैं वीजा की अवधि समाप्त हो जाने से प्रभावित लोगों गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गो को भी प्राथमिकता दी जायेगी यात्रियों को यात्रा खर्च स्वयं वहन करना होगा